देश में इस महीने की बारह तारीख से अस्सी नई विशेष पैसेंजर रेलगाडियां शुरू की जाएंगी

बीजापुर जिले में माओवादियों ने चार ग्रामीणों की हत्या की आईजी ने कहा यह घटना माओवादियों की बौखलाहट का नतीजा है

इनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा सिरसा की व्याख्याता सपना सोनी भी शामिल हैं राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सके राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते बल्कि शिक्षकों का समर्पण एक अच्छा स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है उन्होंने कहा कि शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन का केन्द्र बनना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा यह शिक्षा नीति शिक्षकों शिक्षाविदों अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बलदावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे साथ ही शिक्षकों की स्वायत्ता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे

ये शिक्षिका है दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा शासकीय विद्यालय की व्याख्याता सपना सोनी उनका चयन विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन कार्य में लगातार किए गए नवाचार के कारण हुआ है श्रीमती सोनी ने बताया कि उन्होंने नवाचार की शुरूआत वर्ष दो हजार नौ में की थी उन्होंने इसे परंपरागत् प्रणाली से हटकर गतिविधि आधारित प्रयोगात्मक और व्यवहारिक बनाया है

उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ज्ञान प्रेरणा और प्रयत्नों से शिक्षक विद्यार्थियों को जीवन में संघर्षों से लड़ने के योग्य बनाता है राज्यपाल पुरस्कार इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला श्रेष्ठ अधिकारी और श्रेष्ठ वॉलिंटियर को राज्यपाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है श्रेष्ठ जिला का प्रथम पुरस्कार जगदलपुर को द्वितीय पुरस्कार धमतरी और राजनांदगांव तथा तृतीय पुरस्कार बालोद और सूरजपुर जिले को संयुक्त रूप से दिया जाएगा राजभवन द्वारा जारी घोषणा में बताया गया है कि श्रेष्ठ अधिकारी या श्रेष्ठ जिला सचिव में पांच अधिकारियों को श्रेष्ठ वॉलिंटियर श्रेणी में राज्य स्तर में पांच और जिला स्तर में तिरालीस वॉलिंटियर्स को पुरस्कृत किया जाएगा

रेलवे ने बताया कि रेल यात्री इन नई गाडियों के लिए दस सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस रेलगाडियों के अतिरिक्त होंगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और रेलगाड़ियां बहुत जल्द शुरू की जाएंगी श्री यादव ने बताया कि परीक्षाओं और अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के विशेष अनुरोधों पर और रेलगाडियां चलाई जाएंगी स्पेशल गाड़ी परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षा सहित आवश्यक कार्यो के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है इनमें से दो गाड़ियां दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग और रायपुर कोरबा रायपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी ये दोनों गाड़ियां पूर्णतः आरक्षित है जनरल कोच के लिए भी सेकेंड सीटिंग का आरक्षण किया जा रहा है सभी स्टेशनों में यात्रियों को टिकट चेकिंग के बाद प्रवेश पत्र के साथ प्रवेश दिया जाएगा इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग और आवश्यक मेडिकल परीक्षण में सफल यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी हादसा मौत राजधानी रायपुर के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में सात मजदूरों की मौत हो गई वहीं सात अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी एक बस ओडिशा के गंजाम जिले से गुजरात के सूरत शहर जा रही थी इसी दौरान यह बस रायपुर के मंदिर हसौद के पास सामने से आ रहे एक ट्रक से जा भिड़ी इस हादसे में छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य मजदूर ने अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में दम तोड़ दिया बस में करीब सत्तर मजदूर सवार थे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी सहायता दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं उधर बस्तर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में दो शिक्षकों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों शिक्षक एक मोटरसाइकिल से कोंडागांव जा रहे थे इसी दौरान भानपुरी के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र से दो दिन पहले माओवादियों ने मेटापाल और पुसनार से बीस से अधिक ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था इनमें से चार ग्रामीणों की बीती रात जनअदालत लगाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई मृतक ग्रामीणों में पुनेम सन्नू गोरे पुनेम और भुसकु शामिल हैं वहीं माओवादियों ने करीब सोलह ग्रामीणों को चेतावनी देकर रिहा कर दिया जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्पन ने बताया कि गंगालूर थाना में पुसनार निवासी दो ग्रामीणों की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है इस बीच आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि माओवादियों द्वारा मुखबिरी के शक में निर्दोष ग्रामीणों को मारना उनकी कमजोरी और बोखलाहट का संकेत है उन्होंने कहा है कि माओवादियों की यह कायराना हरकत ही उनके खात्मे का कारण बनेगी आईजी ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से बस्तर संभाग में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कई कैम्प ध्वस्त किए हैं वहीं मुठभेड़ में कई माओवादी मारे गए हैं इसके अलावा कई माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थितियों में भी सड़क पुल पुलिया और अन्य मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराई जा रही है जिससे शासन प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रति ग्रामीणों में विश्वास बढ़ा है कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है दुर्ग जिले में आज शाम तक एक सौ दो नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें दुर्ग के महावीर कॉलोनी से एक ही परिवार के चार और तकियापारा से एक ही परिवार के तीन सदस्य संक्रमित पाए गए हैं उधर महासमुद जिले में बसना और पटेवा थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिसके कारण दोनों थानों को सील कर दिया गया है अब बसना थाने का संचालन सरायपाली और पटेवा थाने का संचालन पिथोरा थाने से किया जाएगा पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाक्र ने बताया कि बसना थाने के तीन एसआई दो एएसआई चार प्रधान आरक्षक और पंद्रह आरक्षकों को होम आइसोलेट किया गया है इसी तरह पटेवा थाने के छह पुलिसकर्मी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इसी जिले के सरायपाली में स्थित सेंट्रल बैंक के एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण बैंक को आगामी चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया है जरूरी कामकाज बलौदा और तोरेसिन्हा शाखा से किए जा सकते हैं उधर राजनांदगांव में नगर निगम के ऑडिटोरियम को कोरोना मरीजों की जांच के लिए नया केन्द्र बनाया गया है अब शहर में कोरोना की जांच के लिए दो केन्द्र बन गए हैं वहीं जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में पिछले तीन दिनों में पच्चीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है कोरोना अंतिम संस्कार निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के संभावित मरीज की मृत्यु होने पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच हेतु सैंपल लेकर शव के कोविड पार्थिव मरीज की ही तरह प्रबंधन और अंतिम संस्कार के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है राज्यपाल स्वस्थ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पंद्रह सितंबर तक क्वारेंटाइन पर रहने का निर्णय लिया है इस बीच राज्यपाल सचिवालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके पूर्णरूप से स्वस्थ हैं उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्होंने राजभवन के कुछ कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के कारण एहतियातन स्वयं को क्वारेंटाइन किया है राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई शिक्षा नीति विषय पर सभी राज्य के राज्यपालों के साथ आगामी सात सितंबर को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगा इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के अलावा समी राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आगामी सात सितंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी इसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सात सितंबर को ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी गिरदावरी समीक्षा रायपुर संभागायुक्त जीआर चुरेन्द्र ने वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के जरिये महासमुंद जिले में खरीफ गिरदावरी कार्यों की समीक्षा की इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यो पर भी अधिकारियों से चर्चा की इस दौरान श्री चुरेन्द्र ने खरीफ गिरदावरी डायवर्सन कोरोना संक्रमण वृक्षारोपण गोधन न्याय योजना गौठान प्रबंधन और विद्यालयों की सफाई तथा तैयारियों की जानकारी ली मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक एक मानसून द्रोणिका अमृतसर से पूर्व दिशा की ओर असम से होते हुए अरूणाचल प्रदेश तक स्थित है वहीं एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम उत्तरप्रदेश और उसके आसपास डेढ़ किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है आगामी दो दिनों के दौरान दुर्ग रायपुर और बस्तर संभागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है इस बीच आज राजधानी रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश हुई है खासकर दंतेवाड़ा बीजापुर बस्तर और राजनांदगांव जिले में तेज बारिश होने की खबर है उधर कोरबा जिले में कुसमुंडा क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर में आज खेत में काम कर रही एक महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई वहीं दो अन्य महिलाएं झुलस गई हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि मदर टेरेसा ने दलितों और पीड़ितों की सेवा की तथा हजारों अनाथ असहाय लोगों का सहारा बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए पंजीयन की तिथि आगामी पंद्रह सितंबर तक बढ़ा दी गई है रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्नाकोत्तर तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है जिला पंचायत महासमुंद की आगामी सात सितंबर को होने वाली सामान्य सभा की बैठक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी गई है छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने महासमुंद में आज कोरोना भत्ता और विशेष सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा महासमुंद जिले में पिथौरा ब्लॉक के ग्राम लाखागढ़ में तीन साल के एक बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई इसी जिले की कोमाखान पुलिस ने ग्राम टेमरी के पास पांच किलो गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है